राज्य में दशहरा से दीपावली तक शहरों के साथ गांवों में भी मिलेगी चौबीस घंटे बिजली हर्षोल्लास के वातावरण में परम्परागत ढंग से आज मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व विजयादशमी महानवमी पर कल मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया श्री योगी ने परम्परानुसार नौ कन्याओं के पांव पखारे उनके माथे पर तिलक लगाया बनारसी चुनरी ओढ़ाई और मंत्रोच्चार के साथ उनकी आरती की कन्या पूजन के बाद पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि नारी शक्ति के प्रति सम्मान और सुरक्षा के संकल्प का पर्व है श्री योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने बालिकाओं के उत्थान के लिए कई कदम उठाये हैं हमारी सरकार इसी महीने बालिका के जन्म होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के साथ ही एक निश्चित राशि उस परिवार को उपलब्ध करायेंगे एक वर्ष के होने पर सभी प्रकार के टीकाकरण से अच्छादन के साथ ही उस परिवार को फिर से एक निश्चित राशि उपलब्ध होगी

इस दौरान श्री योगी ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत आगामी छब्बीस अक्टूबर को पांच लाख इक्यावन हजार दीपों के प्रज्जवलन का उत्सव अयोध्या के प्रमुख स्थलों में मनाया जायेगा श्री योगी ने कहा दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ साथ मॉरीशस और इन्डोनेशिया सहित कई देशों के कलाकारों को रामलीला मंचन के लिये आमंत्रित किया गया है अयोध्या से परम्परा प्रारम्भ हुई थी लेकिन बीच का एक काल खंड ऐसा था जब अयोध्या में ये परम्परायें एक प्रकार से लुप्तप्राय सी हो गई थी अयोध्या को उसका वैभव प्राप्त हो अयोध्या उस सम्मान की हकदार बने इस दृष्टि से अनेक आयोजनों को हमने इसके साथ जोड़ा हैं विगत तीन वर्ष सरकार वहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ साथ दुनिया के अन्दर जहां जहां भी भगवान राम की यह पवित्र लीला गई है वहां से राम लीलाओं को हम आमंत्रित करते हैं

केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवाय परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि केंद्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड की छियालिस टीमें से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर का जायजा लेंगी

नई दिल्ली में वायु प्रदृषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार की पहल के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन में कल श्री जावडेकर ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार ने समस्या को पहचाना और वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरूआत की उन्होंने बताया कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को मजबूत किया गया है प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है

वो उसी खेत में खाद के रूप में उपयोग होगा श्री जावड़ेकर ने लोगों से इस दीपावली पर केवल हरित पटाखों का उपयोग करने की भी अपील की दीपावली आ रही है और मुझे विश्वास है कि अब बच्चे ही घर में बताएंगे माता पिता जी को कि फायर क्रैकर्स मत लाइए

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे इसके बाद वे मेरिन्याक में फ्रांस की रक्षामंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ रफाल लड़ाकू विमान सौपें जाने के समारोह में शामिल होंगे श्री राजनाथ सिंह आज विजयदशमी के अवसर पर फ्रांस में शस्त्र पूजा भी करेंगे श्री राजनाथ सिंह फ्रांस के रक्षामंत्री के साथ वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे और उनसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम और अगले वर्ष फरवरी में लखनऊ में होने वाली रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने का आग्रह करेंगे प्रदेश सरकार ने दशहरा से दीपावली पर्व तक नगरों के साथ साथ गांवों में भी चौबीस घंटे बिजली देने का निर्णय किया है

ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया है कि इस दौरान स्थानीय खराबी और व्रेक डाउन न हों इसके लिए बिजली अधिकारियों को ज़रूरी तैयारियां पहले से करने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि इस अवधि में शहरों के साथ साथ गांवों में निर्बाघ आपूर्ति के लिए करीब बीस हज़ार मेगावाट बिजली की ज़रूरत होगी उन्होंने कहा कि विद्युत निगम ने इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रमेश पाण्डे को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रतिष्ठित एशिया पर्यावरणीय प्रवर्तन प्रस्कार के लिए चुना गया है उन्नीस सौ छियानवे बैच के आई एफ एस अधिकारी श्री पाण्डे इन दिनों लखनऊ में मुख्य वन संरक्षक और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के सचिव हैं वे अवैघ शिकारियों से संबंधित खुफिया जानकारी और जांच के लिए विख्यात हैं यह पुरस्कार तेरह नवम्बर को बैंकाक में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन केन्द्र में प्रदान किया जायेगा अजय क्मार लल्लू प्रदेश कॉग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे पार्टी की ओर से कल जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश कॉग्रेस अध्यक्ष के अलावा चार उपाध्यक्षों बारह महासचिवों और चौबीस सचिवों की भी घोषणा की गयी वरिष्ठ कॉग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी की पुत्री आराधना मिश्रा मोना को अजय कुमार लल्लू की जगह विधायक दल का नेता बनाया गया है श्री लल्लू दो बार से कुशीनगर जिले की तमकुहीराज विधानसभा सीट से विधायक चुने गये हैं ब्राई पर अच्छाई असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व विजयादशमी आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास के वातावरण में परम्परागत ढंग से ध्रमधाम से मनाया जा रहा है प्रदेश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में आज दशहरा मेलों के आयोजन किए गये हैं इन मेलों में बुराई अन्याय और अनाचार के प्रतीक रावण कुम्भकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाने के कार्यक्रम हैं विभिन्न स्थानों पर आयोजित रामलीला में भी आज रावण वध के प्रसंग का मंचन होगा कई स्थानों पर शोभायात्राएं निकाली जा रही हैं गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की विजय शोभा यात्रा भी निकलेगी एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से विजयदशमी पर आज गोरखपुर में मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की विजय शोभायात्रा निकलेगी शोभायात्रा आज शाम चार बजे गोरखनाथ मंदिर से रवाना होकर नगर के मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी जहां श्री योगी भगवान शंकर समेत सभी देवी देवताओं की आरती करेंगे इसके बाद विजय शोभायात्रा रामलीला मैदान जाएगी जहां मुख्यमंत्री मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम का राजतिलक करेंगे शाम सात बजे गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी की मौजूदगी में गोरखनाथ मंदिर में सहभोज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा

इस बीच कल शारदीय नवरात्र के आखिरी दिन प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्वालुओं की भारी भीड़ रही

मिर्जपुर जिले में स्थित प्रसिद्व शक्तिपीठ विन्ध्याचल में कल देर रात तक श्रद्वालुओं का तांता लगों रहा नौ दिनों तक चले नवरात्र मेले में वहां लाखों श्रद्वालुओं ने माता विस्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ पर भी कल नवरात्र के आखिरी दिन श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी रही अन्य शक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर भी कल कन्या पूजन और हवन के कार्यक्रम आयोजित हुए